उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आठ मई से होंगी शुरू कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों अमिमावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके साथ तनाव और विंता से मुक्ति के मंत्र साझा किये श्री मोदी ने अमिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनन्द लेने दें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि हम परीक्षा पर चर्चा जारी रखेंगे पिछले एक साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पढ़ रहा है और मुझे मी नये फॉर्मेट में आपके बीच आना पढ़ रहा है और आपसे रूबरू न मिलना आपके वेहरे की खुशी न देखना आपका उमंग और उत्साह न अनुषव करना ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है वाप है मैं हूं परीक्षा है तो अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा हम कंटीन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे पहली बार वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों अमिमावकों और शिक्षकों से बातचीत में श्री मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्त होने के मंत्र दिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों और अमिमावकों को परीक्षा को जीवन का आखिरी मुकाम नहीं मानना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए

मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी गलती है कि हम आकर्षकता से अधिक और काशियस हो जाते है हम थोड़े ज्यादा ही सोचने तग जाते है और इसलिए मैं समझता हूं कि जिन्दगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है ये जिन्दगी बहुत लंबी है बहुत पड़ाव आते है एक छोटा सा पड़ाव है हमें दवाव नहीं बनाना चाहिए टीचर हो स्टूडेंट हो परिवार जन हो यार दोस्त हो अगर बाहर का दवाब कम हो गया खत्म हो गया तो एक्जाम का दवाब कभी महसूस नहीं होगा कान्फीडेंस फलेगा फूलेगा प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरू में मुरिकल विषय हल करने का प्रयास करना चाहिए और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री ने कुछ समय खाली रहने के महत्व पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि दिन में कुछ समय ऐसा करना आवश्यक है ताकि रोबोट और नीरस बन कर न रह जाए उन्होंने कहा कि खाली समय में बच्चे अपने माता पिता और भाई बहनों के काम में सहायता कर सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद कुछ समय झूले पर बैठना और सैर करना पसंद करता हूं उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खाली समय को ऐसी गतिविधियों में बिताएं जिनके जरिए स्वयं को अभिव्यक्त किया जा सके और व्यक्तित्व का विकास हो सके उन्होंने कहा कि रचनात्मकता व्यक्ति को नई बुलंदी पर पहुंचा सकती है देश में अब तक आठ करोड सत्तर लाख सतहत्तर हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में एक लाख पन्द्रह हजार सात सौ छत्तीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या एक करोड अट्ठाईस लाख एक हजार सात सौ पचासी हो गई है केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग सौ लोगों वाले सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों को ग्यारह अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुनति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि पैंतालीस वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों का टीकाकरण का अभियान चलाया जाए

उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना से संक्रमण के छ हजार तेईस नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर इकत्तीस हजार नौ सौ सत्तासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक छः लाख चार हजार नौ सौ उन्यासी लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार नौ सौ चौसठ लोगों की मृत्यु हुई है श्री प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को एक दिन में प्रदेश में एक लाख छियासी हजार नौ सौ अड़तालीस कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ उन्सठ लाख बयालीस हजार एक सौ ग्यारह नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में कोविड टीकाकरण तेज गति से किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल पैंसठ लाख पांच सौ छः लोगों को टीके की पहली डोज और ग्यारह लाख सड़सठ हजार तीन सौ तेईस लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है इस तरह कुल छिहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ उन्तीस टीके लगाए जा चुके हैं प्रदेश सरकार आज से विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी

राज्य के सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस अमियान के प्रभारी होंगे मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश अपर्णा उपाध्याय ने बताया कि आज और कल के पत्रकारों पर मीडियाकर्मियों और खुदरा और थोक दुकानदारों को टीका लगाया जाएगा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कक्षा दस और कक्षा बारह की बोर्ड परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आठ मई से गुरू होंगी हाईस्कूल की परीक्षाएं पच्चीस मई को और इंटरीडिएट की परीक्षाएं अट्ठाईस मई को संपन्न होंगी इंटरमीडिएट की परीक्षा दो पालियों में सुबह आठ बजे से ग्यारह बजकर पन्द्रह मिनट तक और दो बजे से पांच बजकर पंद्रह मिनट तक आयोजित की जाएगी परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएमएसपी डॉट ईडीयू डॉट आईएन पर उपलब्ध है गाजियाबाद तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए म्युनिसिपल बांड से एक सौ पचास करोड़ रुपये जुटाने वाला भारत का दसवा और प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दूर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अवशिष्ट पानी के पुनः उपयोग की पर्यावरण अनुकूल सतत परियोजना के लिए यह पहला हरित बांड है